इस वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना और चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर चंबल प्रोग्रेस वे किये जाने को मंजूरी दी गई

जिनका कांग्रेस शासन काल में नाम बदलकर ग्राम पंचायत कर दिया गया था

राजधानी में आज लॉकडाउन का चौथा दिन है शहर में अतिआवश्यक सेवाओं से जुड़े स्थानों एवं नागरिकों को छोड़कर अन्य लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध है पुलिस के ढ़ाई हजार से अधिक जवान शहर के विभिन्न मार्गो पर तैनात हैं

अनूपपुर और टीकमगढ जिले में कोरोना संकमण के दो दो नये मरीज मिले हैं शिवपुरी जिले में पांच और लोगों में कोरोना संकमण पाया गया है

होशंगाबाद में कोरोना संक्रमण के पांच नये मरीज मिले जबकि पिपरिया के विधायक ठाकुर दास नागवंशी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है

निजी स्कूल फीस प्रदेश के निजी स्कूलों में कोरोना संकटकाल के दौरान मनमानी फीस वसूलने के संबंध में उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर कल सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस ही वसूलने का आदेश दिया गया है

महिलाए आत्मनिर्भर सतना जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र परसमानिया पहाड़ में रहने वाली आदिवासी महिलाए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बताए गए आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को साकार कर रही है

इस पुस्तक में कैमरे के माध्यम से वन्यजीवों की निगरानी के मामले में भारत के प्रयासों की सराहना की गई है

इस घटना में एक महिला की मौत हो गई बैतूल जिले में जिला न्यायाधीश एवं उनके पुत्र की मृत्यु की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है उमरिया बांधवगढ़ सड़क मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटर साइकल पर सवार दो लोगों की मौत हो गई

पन्ना टाइगर रिजर्व में कल एक बाघ का शव मिला एक महीने में बाघ का शव मिलने की ये दूसरी घटना है